पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों की मांगों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी केन्द्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर अड़तालीस पाईंट घटकर एक सौ तिहत्तर रह गई राजनादगांव जिले में आज बस और ऑटो के बीच हुई आमने सामने की भिडंत में तीन लोगों की मौत बीस अन्य घायल प्रधानमंत्री दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चौदह जून को छत्तीसगढ़ के एकदिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज भिलाई स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री भिलाई में आईआईटी भवन का शिलान्यास करेंगे साथ ही श्री मोदी भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रोजेक्ट कार्यों के तहत यूआरएम बीआरएम तथा एसएमएस तीन जाएंगे और कार्यो का जायजा लेंगे वे जयंती स्टेडियम में आमसभा को संबोधित करेंगे और जगदलपुर से शुरू होने वाली घरेलू विमान सेवा का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री मोदी पंचायत राज सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की सभी आठ फ्लैगशिप योजनाओं के हितग्राहियों को पुरस्कृत भी करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया जाएगा और इस दौरान छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत की विविध संस्कृतियों की झलक भी दिखेगी इससे पहले प्रधानमंत्री के प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज भिलाई में एक बैठक भी हुई इस बैठक में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष पीके सिंह सहित मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय रमशीला साह राजेश मूणत संसदीय सचिव लाफचंद बाफना मुख्य सचिव अजय सिंह और दुर्ग संभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे मात्र मृत्यु दर मात मृत्यु दर को लगातार कम करने की दिशा में छत्तीसगढ़ को अच्छी सफलता मिली है केन्द्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में मातु मृत्यु दर जो वर्ष दो हजार ग्यारह से दो हजार तेरह के बीच प्रति एक लाख प्रसव पर दो सौ इक्कीस थी वह वर्ष दो हजार चौदह से दो हजार सोलह के बीच अड़तालीस पाईंट घटकर एक सौ तिहत्तर रह गई है इस समय देश में मातृ मृत्यु दर एक सौ सड़सठ से घटकर एक सौ तीस हो गई है स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर और महिला तथा बाल विकास मंत्री रमशीला साहू ने प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में कमी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्ति टीकाकरण अभियान और संस्थागत प्रसव को लगातार बढ़ावा देने के अच्छे नतीजे इस रूप में सामने आ रहे हैं प्रदेश में पचास हजार आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से महिलाओं को कुपोषण से बचाने और गर्भवती माताओं के टीकाकरण सहित उनकी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है इससे मात्र मृत्यु दर के साथ ही शिशु मृत्यु दर और कुपोषण में भी कमी आई है शिक्षाकर्मी रिपोर्ट पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सौंप दी है मुख्यमंत्री ने भिलाई में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समिति की रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद संविलियन के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा गौरतलब है कि शिक्षाकर्मियों के वेतन भत्तों और पदोन्नति के अलावा अनुकंपा नियुक्ति तथा स्थानांतरण नीति से संबंधित मांगों पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था समिति ने समय समय पर बैठकों के जरिये पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मी संगठनों के पदाधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए

मिली जानकारी के अनुसार जिले से पुलिस की टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान भैरमगढ़ के जारमोंगिया के जंगलों में माओवादियों ने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी

करीब आधा घंटा चली इस मुठभेड़ ने एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया जो मिलिट्री प्लाटून कमांडर था मारे गए माओवादी पर पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित अन्य गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप था बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल एक इंसास मैगजीन विस्फोटक टिफिन बम सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है वहीं दंतेवाडा जिले में माओवादियों ने बीती रात मिक्सर मशीन में आग लगा दी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट भी की बताया जाता है कि मोखपाल से जरीपारा के बीच सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था दुर्घटना राजनांदगांव जिले में आज बस और ऑटो के बीच हुई आमने सामने की भिडंत में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि बीस अन्य लोग घायल हो गए मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ मार्ग के ग्राम चवेली के पास बस ने सवारी ऑटो को ठोकर मार दी इस हादसे में ऑटो में बैठे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं ऑटो और बस में सवार बीस लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह मानसून केरल से होते हुए बस्तर इलाके के बैलाडीला तक पहुँच चूका है इस बार मानसून समय से पहले ही प्रदेश में पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार आज बस्तर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है उम्मीद है कि अगले चौबीस घंटों में मानसून प्रदेश के मैदानी इलाकों तक पहुंच जाएगा मौसम विभाग के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में अगले चौबीस घंटों के दौरान तेज हवा चलने के साथ ही े गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध नाट्य निर्देशक और रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर की पुण्यतिथि के अवसर पर आज प्रदेश में उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं इसी कड़ी में आज शाम रायपुर के वृदावन हॉल में उनके दो नाटकों का मंचन किया जा रहा है राजनांदगांव पुलिस ने कॉल सेंटर चलाकर लोगों से बाईस लाख रूपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया है प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया चौदह जून से शुरू होगी